मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार विकास कार्यो को धरातल तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है

नई दिल्ली में आयोजित अड़तीसवें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के राज्यों में पुरस्कृत किया गया स्लग दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने को कहा है ताकि रोजगार परक शिक्षा मिलने के बाद छात्रों को रोजगार मिल सके हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पांच सौ छियालीस पीएचडी और स्नातक छात्रों को उपाधि प्रदान की इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा की उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा द्ररस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए गए हैं कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने पांच विद्वान लोगों को प्रतिवर्ष मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय वैज्ञानिक नैन सिंह रावत के गांव में उनका स्मारक स्थापित करेगा इस अवसर पर उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को भी डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया स्लग सीएम नैनीताल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रदेश सरकार विकास कार्यो को धरातल तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि कृशल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अनुभवों के तालमेल से विकास कार्यों को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सकता है नैनीताल में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों को मूर्तरूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों से भी राय लेने को कहा है क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास वास्तविक जानकारियां होती है उन्होंने अधिकारियों को तत्परता के साथ विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये हैं इस मौके पर श्री रावत ने सरकार द्वारा रामनगर स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिंकित्सालय को पीपीपी मोड में दिये जाने की बात कही ताकि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके वहीं सर्दी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था के साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को कम्बल आदि वितरित करने के निर्देश दिये स्लग स्कूल बैग वजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिये हैं मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा निर्देश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें अतिरिक्त सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए स्लग वित्त मंत्री वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज नाबार्ड की वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली बैठक में नई योजनाओं के प्रस्ताव नाबार्ड को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त सचिव ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी वहीं सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की स्वीकृति में हुई देरी के सम्बन्ध में नाबार्ड के अधिकारियों ने अवगत कराया कि कुछ परियोजनाओं के डीपीआर और अन्य अभिलेख देर से प्राप्त होने के कारण स्वीकृति में विलम्ब हुआ है वित्त मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये स्लग डिजी लॉकर प्रदेश में अब गाड़ी चलाते समय ड्राईविंग लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं है

इससे वाहन चालक ड्राईविंग लाईसेन्स और अन्य सभी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रूप में डिजी लॉकर में रखकर दिखा सकते हैं अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी जनपद प्रभारियों को इस संशोधन का अनुपालन कराने के निर्देश दिये हैं इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागजात बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी शामिल है

इस वेब सेवा के जरिये जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है यह सुविधा पाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए आधार का नंबर फीड कर डिजीटल लॉकर अकाउंट खोला जा सकता है

इसके बाद आईडी बनानी होगी आधार कार्ड नंबर लॉग इन करके और कुछ सवालों के जवाब देकर अकाउंट बनाया जा सकता है

प्रतियोगिता में देहरादून हरिद्वार नैनीताल ऊधमसिंह नगर अल्मोड़ा गोपेश्वर चम्पावत पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुल पचहत्तर प्रतिभागियों ने हिस्सा किया जिला खेल अधिकारी विनोद सिंह वल्दिया ने बताया कि अगले महीने बंगलुरू में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य की ताइक्वांडो की टीम तैयार हो रही है

इस सुविधा के मिलने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है साथ ही बैंकों में लगने वाली भीड़ से भी छुटकारा मिलने लगा है

टिहरी के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर देवी प्रसाद भट्ट ने बताया कि इस योजना से आम जनता को काफी सुवधाएं मिली हैं

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खाताधारक अपने खाते से बिजली पानी जैसे अन्य बिलों का भी आसानी से भुगतान कर रहे हैं वहीं छोटी छोटी बचत को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जमा करने के लिए पोस्टमैन की सहायता घर बैठे ही मिल रही है स्लग उत्तराखंड प्रस्कृत नई दिल्ली में आर्योजित अड़तीसवें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के राज्यों में पुरस्कृत किया गया है इस वर्ष के आयोजन की थीम ग्रामीण एमएसएमई थी जिन पर आधारित उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया गया मेले में उत्तराखण्ड पवेलियन में केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया इसके अलावा पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा पहाड़ी अनाजों पर आधारित न्यूट्रा स्यूटिकल उत्पाद के विकल्प प्रदर्शित किये गये जिसे ज्यूरी ने विशेष रूप से सराहा इसके साथ ही राज्य में आयुष और वेलनेस क्षेत्र में संभावनाओं को बखूबी प्रदर्शित किया गया साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया